अंतर्राश्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश में पोशण पखवाड़ा आज से शुरू मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें बेहतर आहार उपलब्ध कराने पर दिया जोर

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं

उत्तराखंड के लिए मी आज खास गर्व का दिन रहा राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिन हस्तियों को अंतर्राश्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी भाक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया उनमें देहरादून निवासी जूड़वा पर्वतारोही बहनें पर्वतारोही ताशी और नुग्शी मलिक भागिल हैं

वे एवरेस्ट विजेता पहली जुड़वा बहनें भी हैं पीएम संदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर की महिलाओं को श्रभकामनाएं दी हैं एक टवीट संदेश में उन्होंने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने आज साइन ऑफ किया और उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलाओं ने अपनी जीवन यात्रा को साझा किया

चम्पावत जिले में आज जिला मुख्यालय और आईटीबीपी बटालियन में महिला सम्मान दिवस मनाया गया बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महिला संम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया इस अवसर पर उप जिलाधिकारी शिप्रा जोशी ने कहा कि आज के समय में महिलायें हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं इस अवसर पर नगर निगम रुड़की में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओ को सम्मानित किया गया

उधर अल्मोड़ा में महिला दिवस के अवसर पर कई महिला संगठनों ने आपस में मिलकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिये अंतर्राश्ट्रीय महिला दिवस बागेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में महिला दिवस ध्रमधाम से मनाया गया और महिलाओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये इस दौरान महिलाओं की समाज में भागेदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये नैनीताल जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महिलाये आज हर क्षेत्र में पुरूषों से आगे निकल चुकी हैं

इस नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान पर जोर दिया गया है डॉ निशंक आज देहरादन स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधियां वितरित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही अटल एकेडमी की स्थापना की जाएगी डॉ निशंक ने इस अवसर पर सभी महिलाओं को अंतर्राश्ट्रीय महिला दिवस की श्रभकामनाएं दी हैं

डायटिशियन की मदद और स्थानीय उत्पादों के प्रयोग से राज्य की महिलाओं को कपोषण और एनीभिया से जल्द छटकारा दिलाया जा सकता है वे देहरादन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और पोष्टण अभियान की द्वितीय वर्षगांठ के मौके पर बोल रहे थे

इस दौरान मुख्यमंत्री नेएनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गढ़वाली एवं हिन्दी भाषा में बनी एक लघ् फिल्म का विमोचन भी किया

इसमें पोषण के पांच सूत्र सुनहरे हजार दिन एनीमिया प्रबन्धन डायरिया से बचाव साफ सफाई और हैण्डवॉश एवं पौष्टिक आहार पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी कोरोना अलर्ट कोरोना वायरस के खतरे के मददेनजर राज्य की स्वास्थ्य महानिदे ाक अभिता उप्रेती ने सभी जिलों के मुख्य विकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के प्र ाासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य महानिदे ाक ने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों की स्कैनिंग की जा रही है